पिथौरागढ़ उपचुनाव पिथौरागढ़ जिले की पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तिथि घोषित हो गई है

भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक आई आर सी टी सी ने औपनिवेशिक काल की शैली में बने रेलवे के डिब्बों को आम जनता के इस्तेमाल के लिए शुरू करने और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का फैसला किया है शुरुआत में दूरदराज के इलाकों में निरीक्षण के लिए रेलवे के अधिकारियों द्वारा खासतौर से इस्तेमाल होने वाले इन सैलूनों में दो शयनकक्ष एक विश्राम कक्ष एक पैंट्री एक शौचालय और एक रसोईघर होता है जिसमें पांच दिनों तक रुका जा सकता है पिछले साल अधिकारियों द्वारा इन सैलूनों के दुरुपयोग पर चिंताओं के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने निजी सैलून को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सौंप दिया था उन्होंने विभिन्न मंडलों से भी ऐसा करने के लिए कहा था बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड ने ऐसे सैलूनों के आम लोगों के इस्तेमाल के लिए अपने मंडलों को निर्देश दिए हैं बैठक सीएम टिहरी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में टिहरी हाईड्रो डेवेलपमेंट कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी बांध के आसपास के रोलाकोट नकोट और स्यांसू गांव के प्रभावितों की समस्याओं को शीघ्र निस्तारित किया जाना चाहिए बैठक में निर्णय लिया गया कि टिहरी बांध से प्रभावित रोलाकोट नकोट आदि गांवों को दी जाने वाली धनराशि का पुनः आगणन करा कर टीएचडीसी मुख्यालय को भेज दिया जाएगा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

इस अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने महात्मा गांधी के विचारों और इसके वैश्विक अपील पर अमल करने पर जोर दिया

महात्मा गांधी पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया समीक्षा रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में अवमुक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम माह तक व्यय करने की योजना नही बनानी चाहिये यह बात उन्होंने जिला सभागार में आयोजित विभिन्न योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान कहीं जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी विभाग धनराशि को मार्च तक अवशेष न रखें साथ ही फरवरी तक वर्क प्लान बनाकर व्यय करें समीक्षा के दौरान बीस सुत्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई उन्होंने विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान निर्माण कार्यो का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये आयुर्वेद दिवस जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज चौथे आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक मौजूद थे कार्यक्रम में बड़ी संख्य में दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे इस समारोह में आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान देने के लिए धनंवतरि पुरस्कार से भी सम्मानित किया इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आयुर्वेद भारत में उपचार की सबसे पुरानी पद्वति है आयुर्वेद चिकित्सा के कारण ही भारत सबसे स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त करने वाला देश ळें धनतेरस आज धनतेरस है इसे धनवंतरि त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस में सोना चांदी या अन्य धातु खरीदने की परंपरा है प्रदेश के तमाम बाजारों में आज खूब रौनक है मैदानी क्षेत्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक बाजार में भारी भीड़ है लोग सुबह से ही बाजार पहुंचने लगे सोना और चांदी के अलावा बर्तनों की भी खूब खरीदारी की जा रही है साथ ही तरह तरह के सजावटी सामान भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है उन्होंने प्रदेश वासियों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की आपको बता दें कि दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है इन दिन घर में धन या सम्पत्ति का आना बहुत शुभ माना जाता है धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए लोग धनतेरस मनाते हैं गांवों में आय का मुख्य स्रोत मवेशी होने की वजह से गांवों में मवेशियों को सजाया जाता है किसान उनकी पूजा करते हैं इस शुभ दिन मनाने के लिए लोग अपने घरों के आंगन में रंगोली भी बनाते हैं शुभकामनाएं नैनीताल प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री सचिव और कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने प्रदेश और मण्डल वासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कामना की कि अंधेरे पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली सबके जीवन में समृद्वि खुशहाली और शान्ति लेकर आये उन्होंने कहा कि ज्योति पर्व की खुशियां हम गरीब लोगों के साथ भी बांटे यही भारतीय त्योहारों का मूल मंत्र है वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपदवासियों को दीपावली को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि हमें ईको फ्रेंडली दीपावली मनाने की कोशिश करनी चाहिए उन्होने लोगों से आतिशबाजी का इस्तेमाल न करने की अपील की है जिलाधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्देश है कि प्रतिबन्धित क्षेत्रों में आतिशबाजी का प्रयोग न किया जाए हरिद्वार बैठक हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपेन्द्र चौधरी ने नवम्बर में होने वाले खेल महाकृंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये

जिलाधिकारी ने प्रतियोगिताओं के दौरान पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिये हैं खेल महाकुंभ में कबड्ड़ी एथलेटिक्स खो खो वॉलीबाल बैडमिंटन फूटबाल टेबल टेनिस ताईक्वांडो बॉक्सिंग जूडो हैंडबाल बास्केटबाल हॉकी तैराकी तीरंदाजी और तलवारबाजी प्रतियोगिता शामिल है तैराकी तीरंदाजी और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया है सीएम विमोचन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में पॉलिथीन उन्मूलन एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून के एक निजी स्कूल के नन्हैं मुन्ने बच्चों द्वारा गाये गए गीत का विमोचन किया इस गीत में गढ़वाली और हिन्दी दोनों का प्रयोग किया गया है गीत के माध्यम से पॉलिथीन उन्मूलन पर जन जागरूकता का संदेश दिया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नन्हें छात्रों द्वारा दिए पर्यावरण संरक्षण के संदेश की सराहना की उन्होंने कहा कि पॉलिथीन पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है इसके उन्मूलन के लिए सभी को अभी से ही प्रयास करने होंगे उन्होंने बच्चों द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिये सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बन्द करना होगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा